सड़क परिवहन सड़क परिवहन और राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने पिछले पांच वर्षों के दौरान सड़क दुर्घटनाओं में हुई चार प्रतिशत बढ़ोतरी पर चिन्ता व्यक्त की है नई दिल्ली में सड़क सुरक्षा से जुड़ी एक बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा के बारे में लोगों को शिक्षित किया जाना महत्वपूर्ण है श्री गडकरी ने कहा कि विश्व बैंक और ऐशियन विकास बैंक ने सड़कों के गड्ढे भरने और सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए सात हजार करोड़ रुपये की मंजूरी दी है इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सड़क हादसों में कमी लाने के लिए सभी हितधारकों को समन्वय बनाकर काम करने का आहवान किया रक्षा मंत्री ने कहा कि देश में दो प्रतिशत जीडीपी में गिरावट सड़क द्र्घटनाओं से होती है जो एक गंभीर मुददा है स्को शबरीमला उच्चतम न्यायालय ने केरल के शबरीमला मंदिर में हर उम्र की महिलाओं को प्रवेश की अनुमति देने संबंधी याचिकाओं की सुनवाई तीन हफ्ते के लिए स्थगित कर दी है प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे ने कहा कि न्यायालय शबरीमला के अलावा मस्जिदों और दरगाहों में मुस्लिम महिलाओं तथा पारसी महिलाओं के प्रवेश पर रोक जैसी अन्य याचिकाओं को सूचीबद्ध करने पर विचार कर रहा है सीएम निवेश मित्र मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रदेश में स्थापित जापानी कंपनियों से व्यापार का विस्तार करने का आग्रह किया है नई दिल्ली में आज जापान विदेशी व्यापार संगठन जैट्रो के भारत स्थित मुख्य प्रबंध निदेशक यास्याकी मूराहाशी से मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने यह बात कही उन्होंने भरोसा दिलाया कि प्रदेश में निवेश मित्र वातावरण बनाया गया है यहां नीतियों और नियमों में व्यापक परिवर्तन और उनका सरलीकरण किया गया है मुख्यमंत्री ने जापानी निवेश की संभावना पर विस्तार से चर्चा की मुख्यमंत्री ने मुलाकात के दौरान श्री मूराहाशी को बताया कि राज्य में सौर ऊर्जा खाद्य प्रसंस्करण टेक्सटाइल गारमेंट के साथ साथ लॉजिस्टिक हब में निवेश की अपार संभावनाएँ हैं

इस दौरान खेल प्रशाल से लेकर बाल विनय मंदिर तक वॉक थॉन का आयोजन किया गया इस अवसर पर श्री बच्चन ने लोगों से यातायात नियमों का पालन करने का अनुरोध किया उन्होंने ट्रैफिक सुधार में सहयोग प्रदान करने वाले लोगों का सम्मान भी किया गया कार्यक्रम में पूर्व हॉकी खिलाड़ी मीर रंजन नेगी भी उपस्थित थे

सप्ताह के दौरान पूरे शहर में यातायात जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे

कार्यकम में प्रधानमंत्री परीक्षा के दबाव या तनाव से दूर रहने सबंधी विद्यार्थियों के प्रश्नों का जवाब देने के साथ ही चुनिन्दा विद्यार्थियों से बातचीत करेंगें केन्द्रीय विद्यालय बालाघाट की छात्रा तन्वी भोयर भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगी आकाशवाणी से बातचीत में तन्वी ने बताया कि वो प्रधानमंत्री से मिलने को लेकर बहत उत्सुक हैं

इस दौरान उन्होंने कहा कि यह हेल्पलाइन किशोरों के लिए बहुत मददगार साबित होगी

यहां मार्गदर्शन प्रदान करने के लिये परामर्शदाता उपलब्ध रहेंगे किशोरों के अलावा उनके अभिभावक और शिक्षक भी किशोरों की समस्याओं से जुड़े मसलों को लेकर हेल्पलाइन नंबर पर उचित मार्गदर्शन हासिल कर सकेंगे राजभवन शास्त्रार्थ राज्यपाल लालजी टंडन की अध्यक्षता में राजभवन में आयोजित शास्त्रार्थ सभा में मौजूद तमाम विद्वानों ने विभिन्न सत्रों के जरिए अपनी बात रखी गौरतलब है कि प्रदेश में पहली बार इस तरह का आयोजन हआ राजभवन के सांदीपनि सभागार में आयोजित शास्त्रार्थ सभा में व्याकरण शास्त्र साहित्य शास्त्र न्याय शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक चर्चा हई राज्यपाल के सचिव मनोहर द्बे ने बताया कि शास्त्रार्थ परंपराओं को प्नर्जीवित करने के लिए यह आयोजन किया गया था

इस अवसर पर राज्यपाल लालजी टण्डन ने इस आयोजन के वैचारिक और सामाजिक पहलुओं पर प्रकाश डाला

मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इस मौके पर लोगों को बधाई दी है मुख्यमंत्री ने ट्वीट संदेश के जरिए कहा कि यह पर्व सभी के जीवन में प्रेम स्नेह खुशहाली और उत्साह लाये वहीं मुख्यमंत्री ने मकर संक्रान्ति की भी बधाई दी है उन्होंने इसे प्रकृति प्रेम भाई चारे और सद्भाव बढ़ाने वाला पर्व बताया है सीएए भाजपा द्वारा प्रदेश में नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में जनजागरण अभियान चलाया जा रहा है दमोह में केन्द्रीय संस्कृति राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल के नेतृत्व में तिरंगा रैली निकाली गई छिंदवाड़ा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस कानून के समर्थन में आज शहर में तिरंगा पदयात्रा निकाली गई छतरपुर और विदिशा में भी सीएए के समर्थन में बड़ी संख्या में लोगों ने जुलूस निकाला सागर दतिया डिण्डोरी बैतूल शहडोल मे भी नागरिकता संशोधन कानून को लेकर रैली निकाली गई इस दौरान इस कानून को लेकर फैली भ्रान्तियों को भी दूर किया गया मौसम राजधानी भोपाल सहित आसपास के जिलों में सर्द हवायें थमने और तेज ध्रप खिलने से लोगों को कड़ाके की ठंड से राहत मिली है शिवप्री संवाददाता ने बताया है कि जिले में सर्दी का असर रात में अभी भी बना हुआ है यहां बीती रात न्यूनतम तापमान छह डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया प्रदेश में सबसे कम तापमान पांच डिग्री सेल्सियस उमरिया और दतिया में रहा मौसम विभाग के मुताबिक अगले दो दिनों में प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में दिन और रात के तापमान में इजाफा होने का अनुमान है वहीं ग्वालियर और चंबल संभागों में आज कहीं कहीं गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं

आज विधानसभा अध्यक्ष एन पी प्रजापति ने किया इस अवसर पर सामाजिक न्याय मंत्री लखन घनघोरिया और संस्कृति मंत्री विजयलक्ष्मी साधौ भी मौजूद थीं

यह बस भोपाल से जबलपुर जा रही थी